हरियाणा के विभिन्न शहरों में आज मुख्यमंत्री उड्डयन दस्ते ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के कार्यालायों में छापेमारी की

इस विधेयक का उद्देश्य किसानों के हितों की रक्षा करते हये हया सुनिश्चित करना है उन्हें स्रक्षित और प्रभावी कीटनाशक प्राप्त हो सकें नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत करते हये सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इस विधेयक को संसद के बजट सत्र के दूसरे भाग में पेश किया जायेगा उन्होंने कहा कि यह कानून देश में जैविक कीटनाशकों को बढ़ावा देगा

इसके विभिन्न ऋण वसूली अधिकरणों में लंम्बित कानूनी मामलों को हल करने की ग्जाइंश में विस्तार किया गया है प्रत्यक्ष करों में सम्बधित म्कदमेंबाज़ी को घटाने के उद्देश्य से यह विधेयक इस महीने की शुरूआत में लोकसभा में पेश किया गया था इस विधेयक मे आयकर अपीलीय अधिकरणों उच्च न्यायालयों और उच्चच न्यायालय में लंम्बित पड़े कर विवादों को निपटने का प्रस्ताव है आज नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत करते हये केन्द्रीय सुचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि ऋण वसूली अधिकरणों में लम्बित मामलों का निपटारा करने का निर्णय भी लिया गया है

यह निर्णय इन कंपनियों का नाज्क वित्तीय स्थिति और नियामक ऋण भ्गतान क्षमता जरूरतों की उल्लंघना को घ्यान में रखकर लिया गया है हरियाणा में आज विभिन्न शहरों में मुख्यमंत्री उड्डन दस्ते ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के कार्यालयों में छापेमारी की

इस मौके पर डी एस पी अजय शर्मा ने बताया कि रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी जायेंगी उधर पंचकूला से हमारी संवाददाता ने बताया कि पंचकुला में यह छापेमारी बाद दोपहर तक चली इस मौके पर प्लिस अधीक्षक धीरज सेतिया ने कहा कि यह छापामारी जनतक स्विधाओं को बेहतर तरीके से उपलब्ध करवाने के लिए प्रणाली में सुधार के लिए की गई है भिवानी में छापामारी के दौरान गैरहाजिर पाये गये कर्मचारियों की सूची तैयार की गई हमारे संवाददाता ने उड्डन दस्ते के इंस्पैक्टर दिनेश यादव के हवाले से बताया कि इस्टेट कार्यालय में खूद कार्यालय प्रभारी नदारद मिले है इनके अलावा अन्य गैरहाजिर कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी

हरियाणा में नागरिक सेवा वितरण की सेवाओं में तेजी लाकर उन्हें पारदर्शी और श्रष्टाचार मुक्त बनाने के उददेश्य से पुलिस दवारा जारी किए जाने वाले चरित्र प्रमाण पत्र किरायेदार सत्यापन प्रमाण पत्र पृलिस क्लीयरेंस प्रमाण पत्र जैसे वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट्स को डिजिटल हस्ताक्षर के साथ जोड़ दिया गया है इसकी शुरुआत हरियाणा के गृह मंत्री श्री अनिल विज दवारा गृह अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री विजय वर्धन तथा प्लिस महानिदेशक मनोज यादव की उपस्थिति में आज हरियाणा सिविल सचिवालय से की गई पहले चरण में मुख्य रूप से प्रलिस दवारा प्रदान की जाने वाली तीन सेवाओं को शामिल किया गया है जिसमें चरित्र प्रमाण पत्र किरायेदार सत्यापन प्रमाण पत्र प्लिस क्लीयरेंस प्रमाण पत्र शामिल हैं आज से डिजिटली सिग्नेचर युक्त यह नागरिक सुविधाएं हरसमय सिटिजन पोर्टल से डाउनलोड की सकेगी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज पंचकूला में अर्न्त जिला ग्रामीण परिषद की बैठक हई जिसमें हरियाणा पंचायती राज्य की समितियों के सदस्यों के साथ कई मुद्दों पर चर्चा की गई

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के बजट के बाद हरियाणा के सभी जिला परिषद भी अपना अपना बजट पेश करेंगे ताकि हर जिले की हर पंचायत की वितीय स्थिति में सुधार लाया जा सके और विकास के कार्य करवाए जा सके प्रदेश के बजट पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बार के बजट प्रदेश की जरूरतों व योजनाओं का बजट होगा

कृषि मंत्री ने किसानों विस्तार एजेसियों आधिकारियों और राज्य कृषि विभागें के कर्मचारियों राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि विज्ञान केन्द्रो को निर्देश दिये है कि वे नियमित रूप से खेतों मे जकार गेहं में पीले रत्ए की जांच करे और इसके बारे मे सतर्क रहे